जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के अट्ठाईसवें सेना प्रमुख बने

प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं

उन्होंने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले जनरल नरवणे सेना उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे

उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति फील्ड और अत्यधिक संवेदनशील उग्रवाद विरोधी अभियानों में भी हिस्सा लिया सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले जनरल नरवणे ने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व किया जो लगभग चार हजार किलोमीटर लंबी भारत चीन का दायित्व संभालती है उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अभियान में भी हिस्सा लिया वे तीन वर्ष तक म्यांमा में भारतीय दूतावास में देश के रक्षा अताशे भी रहे जनरल नरवणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं जनरल नरवणे को जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन का प्रभावी नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया जा चुका है उन्हें नगालैंड में असम राइफल्स के महानिरीक्षक के रूप में सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा पदक भी मिला है वे अति विशिष्ट सेवा पदक से भी अलंकृत किये जा चुके हैं

अवकाश ग्रहाण करने के बाद पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ सीडीएस होंगे सीडीएस सैन्य मामलों में सरकार के एकल बिंदु सलाहकार के रूप में काम करेंगे और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान देंगे जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो गए हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में थलसेना वायुसेना और नौसेना सबंधी नियमों में संशोधन करते हुए एक नया खण्ड जोड़ा है जिसके अंतर्गत चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवारत रहेंगे बाईट सीडीएस सशस्त्र बलों की इस लड़ाकू क्षमताओं में इजाफा करने के मकसद से बनाया गया है जोकि तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार लायेगा जनरल रावत सैन्य प्रमुख के समकक्ष वेतन लेते हुए एक चार सितारा जनरल पर काम करेंगे वे रक्षा मंत्रालय और रक्षा सचिव के मातहत बनाये जाने वाले सैन्य मामलों के प्रभाग के प्रमुख भी होंगे वे तीनों सेनाओं से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे हालांकि तीनों सेना प्रमुख अपने विभागों से संबंधित मामलों पर रक्षामंत्री को सलाह देना जारी रखेंगे इसके साथ भारत अब यूनाइटेड किंगडम कनाडा इटली और स्पेन जैसे देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपने सीडीएस हैं सौभाग्यकर के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने सभी सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को सेनाध्यक्ष के रूप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया

जनरल रावत ने आशा व्यक्त की कि नए सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयां छूएगी उन्होंने नए सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को शुभकामनाएं दीं जनरल रावत ने कहा कि अब भारतीय सेना देश के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है आयकर स्थायी लेखा संख्या पैन को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़े जाने की अंतिम तारीख अगले वर्ष इकतीस मार्च तक बढ़ा दी गई है इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी पिछले वर्ष सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध बताया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर विवरणी दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य होगी

अत्यधिक ठंड के चलते जन जीवन प्रभावित है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे के लिए पूरे प्रदेश में ठंड शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है आज सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान दो दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया गया का तीन दशमलव नौ डेहरी का चार पटना का पांच और भागलपुर का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कम दृश्यता के कारण राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दो से चार जनवरी तक राज्य में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की सम्भावना है और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है वहीं ठंड के कारण राज्य में अब तक छब्बीस लोगों की मृत्यु हो गयी है भीषण ठंड के मद्देनजर मुंगेर जिले में चार जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पठन पाठन स्थगित रखने के निर्देश दिये गये है पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती को प्रतिवर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया वहीं बैठक में आगामी उन्नीस जनवरी को आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला के लिए उन्नीस करोड़ चालीस लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी एक अन्य फैसले में राजधानी पटना में आरब्लॉक दीघा पथ के निर्माण कार्य के लिए उनहत्तर करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी प्रदान की गयी बैठक में विभिन्न जिलों में पदस्थापित सोलह चिकित्सकों को अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त करने का भी फैसला किया गया निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली जिले के राजापाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन को एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है बीडीओ के साथ एक मुखिया के पति को भी गिरफ्तार किया गया है आरोपी पैक्स चुनाव को लेकर कागजात के संबंध में एक शिकायतकर्ता से रिश्वत ले रहा था गिरफ्तार प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूछताछ के लिए निगरानी जांच ब्यूरो के मुख्यालय लाया गया है राजधानी पटना में फ़ेजर रोड स्थित यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से एक अपराधी ने बैंककर्मियों को हथियार का भय दिखाकर आज दिन दहाड़े नौ लाख रुपये लूट लिये बताया जाता है कि घटना के समय बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है सिख धर्म के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरेपनवां प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह आज से पटना सिटी स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में शुरू हो गया है देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं पिछले ग्यारह दिनों से चल रहे प्रभातफेरी कार्यक्रम का आज समापन हो गया कल गाय घाट गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली जायेगी वहीं कंगन घाट स्थित नवनिर्मित गुरुद्वारे में दीवान साहिब सजाया गया है जहां गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया है इधर देश के विभिन्न हिस्सों से आये रागी हरिमंदिर साहिब में शबद कीर्तन कर रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद यहां कवि दरबार आयोजित किया जायेगा जिसमें गुरू महाराज की शिक्षा उपदेशों और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में श्रद्धालुओं को बताया जायेगा दरबार साहिब में मत्था टेकने वालों की लम्बी कतार देखी जा रही है देश विदेश से आये सिख श्रद्धालुओं के लिए कंगन घाट टेंट सिटी सहित आस पास के क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गयी है श्रद्धालुओं के लिए चौबीसों घंटे लंगर के प्रबंध किये गये हैं मुख्य समारोह दो जनवरी तक आयोजित होगा वर्ष दो हजार उन्नीस की समाप्ति और नये वर्ष के स्वागत के जश्न को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर पूलिस बल की तैनाती की गयी है पटना जिला प्रशासन ने शहर के उन्नीस सार्वजनिक स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है साथ ही प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कक्ष भी बनाये गये हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न जिलों में प्रमुख पिकनिक स्थलों पर नये साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है दरभंगा जिला आज अपना एक सौ छियालिसवां स्थापना दिवस मना रहा है इसको लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है समाहरणालय सहित विभिन्न सरकारी भवनों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है स्थापना दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित हो रहा है जहां साहित्यक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं सासाराम में आज बिहार सैन्य पुलिस महिला बटालियन का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के अट्ठाईसवें सेना प्रमुख बने

प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं